बीते चार दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बस्तर बीजापुर और बिलासपुर सहित अनेक जिलों में नदी नाले उफान पर अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा उन्होंने कहा कि इससे लम्बे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे उम्मीदवार का सीईटी स्कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहे सीईटी विषय में परीक्षा दे सकता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और सरकार की नीति के अनुरूप अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी और उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के बारे में अपनी पसंद बता सकते हैं

कल देर रात तक प्रदेश में आठ सौ आठ कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई वहीं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं दुर्ग जिले में आज बीएसएफ के दो जवान सहित अटहत्तर नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है सदर बाजार वार्ड से एक ही परिवार के ग्यारह सदस्य संक्रमित पाए गए हैं भिलाई चरोदा नगर निगम में एक और कर्मचारी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीविट आई है इस बीच आज एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है वहीं आमदी नगर हुडको स्थित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज से दो दिनों के लिए कॉलेज को सील कर दिया गया है साथ ही कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर जांच कराई जा रही है

इन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले में आज अभी तक कुल चौंतीस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं कोरबा जिले में इक्कीस कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें पंच ग्रामीण बैंक का कर्मचारी और एक ठेला वाला भी शामिल हैं इसी तरह धमतरी जिले में पांच कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए हैं जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि जिला जेल से दो रिसईपाड़ा वार्ड बठेना वार्ड और मगरलोड से एक एक मरीज मिले हैं जांजगीर चांपा जिले में आज तीन नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें एक डिप्टी कलेक्टर भी शामिल है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में एक बार फिर धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई है जिला दंडाधिकारी ने आगामी पंद्रह सितंबर तक सभा धरना रैली जुलूस धार्मिक संस्कृति और राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है इधर महासमुंद जिले में आज दो नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं जिले में कल रात कोरोना संक्रमित दो लोगों की मौत हुई थी

इस दौरान किराना सब्जी दूध फल और कृषि संबंधित प्रतिष्ठान सुबह सात से दस बजे तक केवल तीन घंटे के लिए खुलेंगे कार्य से इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सर्दी खांसी या बुखार होने पर नजदीक स्वास्थ्य केन्द्रों में सूचना अवश्य दें और डॉक्टर से जांच कराएं तथा रिपोर्ट आने तक घर में ही रहें वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथलेश चौधरी ने बताया कि सैंपल जांच कराने वालों की जांच रिपोर्ट अब उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कोरोना संक्रमण के नाम पर शासकीय कामकाज के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है उन्होंने आज समीक्षा बैठक में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए दूसरी ओर महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई और फीस नहीं ली जाएगी शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधकों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को किश्तों में फीस जमा करने की सुविधा प्रदान की जाए प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है छत्तीसगढ स्वच्छता सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कल बीस अगस्त को पुरस्कृत करेंगे केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता का विभिन्न पैमानों पर आंकलन किया जाता है इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण कचरे का निपटान खुले में शौचमुक्त शहर और कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग का थर्ड पार्टी के माध्यम से आंकलन करने के साथ ही आम जनता के फीडबैक को शामिल कर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रखा है राज्य स्वच्छता पुरस्कार प्रदेश के गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा चार करोड़ रूपये से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे पंद्रह विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तेईस अगस्त कर दी गई है पहले इसकी अंतिम तिथि पंद्रह अगस्त तय की गई थी लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों ग्राम पंचायतों संस्थाओं विकासखंडों और जिलों को इन पुरस्कारों के लिए आवेदन का मौका देने अंतिम तिथि बढ़ायी गई है चयनित विजेताओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दो अक्टूबर को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करेंगे इस कार्यक्रम से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंद्रपत्ता संग्राहकों को वर्ष दो हजार अट्ठारह के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दो सौ बत्तीस करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में जमा करेंगे तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए जिला स्तर के साथ ही एक सौ चौदह विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे विकाखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले दस संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि करीब साढ़े चार करोड़ रूपये का वितरण भी ऑनलाइन किया जाएगा केंद्रीय मंत्री सराहना केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुखभाई मंडाविया ने छत्तीसगढ़ में किसानों को मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के बेहतर प्रबंधन की सराहना की है श्री मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा कर रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली इस दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन के लिए ग्यारह लाख तीस हजार मीटरिक टन लक्ष्य के विरूद्व अब तक बारह लाख छियानवे हजार मीटरिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्रीय राज्यमंत्री से प्रदेश में यूरिया की मांग को देखते हुए पंद्रह रैक यूरिया शीघ्र प्रदान किए जाने का आग्रह किया है

कई गांवो का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क ट्रट गया है बस्तर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बीती रात हुई तेज बारिश के बाद जगदलपुर शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है साथ ही जिले के सभी नदी नाले उफान हैं

उधर बिलासपुर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण मनियारी नदी उफान पर है बिल्हा से लगे पर्यटन स्थल तालागांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर मुनादी कराकर प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तखतपुर क्षेत्र में भी मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है प्रशासन द्वारा सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है

साथ ही रायपुर और दुर्ग संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है बस्तर संभाग के दक्षिणी हिस्से में भी कुछेक स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा सात दशमलब छह किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है एक मानसून द्रोणिका भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है इसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर रूक रूककर बारिश हो रही है आईईडी बरामद गिरफ्तार सुकमा जिले के दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर तेमेलवाड़ा के पास से सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है यह आईईडी माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक सौ पचासवीं बटालियन ने मौके पर पहुंचकर आईईडी बरामद किया जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया वहीं बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान ग्राम टिंडोड़ी से एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर हत्या अपहरण सहित कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है

राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने कहा है कि स्वर्गीय गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने के साथ ही संचार और कम्प्यूटर क्रांति राजीव जैसी अभिनव पहल की वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से इक्कीसवीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखीं

दावा आपत्ति के लिए तीस दिन का समय दिया गया है

रेडियो श्रोता और आयोजक मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष रेडियो श्रोता दिवस पर रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है